यह हादसा आज सुबह उस वक्त हुआ जब संयंत्र के कोक ओवन बैटरी कॉम्पलैक्स नंबर ग्यारह की गैस पाईप लाईन में सुधार कार्य के दौरान अचानक विस्फोट के साथ आग लग गई विस्फोट की चपेट में आने से मौके पर ही छह कर्मचारियों की मौत हो गई और कई कर्मचारी झुलस गए इनमें संयंत्र के कर्मचारी सहित ठेका श्रमिक और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं मृतकों में ज्यादातर भिलाई के रहने वाले हैं जब यह हादसा हुआ उस वक्त वहां बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे थे गैस लाईन में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया सभी घायलों को तत्काल सेक्टर नौ स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह और पुलिस अधीक्षक संजीव शुक्ला अस्पताल पहुंचे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई वहीं चौदह प्रभावितों का इलाज अस्पताल में चल रहा है घायल लोगों के इलाज के लिए हर तरह की राहत और देखभाल से जुड़े संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीएसपी प्रबंधन से बात की है और उनसे पूरे हादसे की रिपोर्ट मांगी श्री सिंह ने इस घटना में घायल लोगों के इलाज के उचित निर्देश दिये हैं वहीं गृह मंत्रालय ने भी इस हादसे के कारणों की पूरी जानकारी मांगी है इस्पात राज्यमंत्री विष्णुदेव साय इस्पात सचिव विनय कुमार और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष सरस्वती प्रसाद तथा सेल अध्यक्ष अनिल चौधरी भी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने भिलाई पहुंच रहे हैं घटना के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हादसे पर दुख जताया है इधर मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने अस्पताल पहुंचकर हादसे में प्रभावित लोगों से मुलाकात की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्वांजलि दी है उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने भी प्रभावितों से मुलाकात कर पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान होनी चाहिए और प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री और प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स सीटू ने इस हादसे में मारे गए श्रमिकों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए इस पूरे हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने दोषियों को दण्डित करने और मृतक श्रमिकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है चुनाव आयोग बैठक प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी को अपने खर्च की जानकारी रोजाना जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट में और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में दर्ज करनी होगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कल रायपुर में विभिन्न राजनीतिक दलों की एक बैठक लेकर यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद शासन के मंत्रियों से आचार संहिता का पालन करने का अनुरोध किया जाएगा इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा यदि कोई मंत्री निर्वाचन कार्य से भ्रमण करते हैं तो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी उनके साथ नही जाएंगे चुनाव अभियान के दौरान प्रत्याशी आमसभा और वाहनों में लगाए गए लाउड स्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों सहित एस एमएस व्हाट्सएप मैसेज वीडियो कॉल घर घर प्रचार इत्यादि का प्रयोग रात दस से सुबह छह बजे तक नहीं कर सकेंगे श्री साहू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने तक पंचायत और नगरीय निकाय तथा अन्य निर्वाचन कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे मुख्य सचिव निर्देश प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले स्थानांतरित किए गए ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भार मुक्ति पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रतिबंध लगा दिया है जिन्हें निर्वाचन संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है मुख्य सचिव अजय सिंह ने इस संबंध में सभी विभागों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग की अनुशंसा और अनुमति से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को भारमुक्त किया जा सकेगा यह आदेश पुलिस विभाग में हुए स्थानांतरण पर भी लागू होगा

यह कार्यक्रम भाजपा के जिला कार्यालय एकात्म परिसर में प्रसारित होगा कार्यकर्ता अपनी बात नमो एप के जरिये प्रस्तुत करेंगे चुने हुए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से सीधा संवाद कर सकेंगे कांग्रे स मांग प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू से तीन कलेक्टरों को हटाने की मांग की है कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल शाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और उन्हें करीब डेढ सौ अधिकारियों और कर्मचारियों की एक सूची भी सौंपी ये वे अधिकारी हैं जो लंबे समय से एक ही जगह पर कार्यरत् हैं कांग्रेस ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए इन सभी को हटाने की मांग की है इस मामले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भी भेजा है इस पत्र में उन्होंने प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव कराए जाने की मांग की कांग्रेस ने जिन कलेक्टरों को हटाने को मांग की है उनमें दूर्ग कलेक्टर उमेश अग्रवाल बिलासपुर कलेक्टर दयानंद पी और सुकमा कलेक्टर जेपी मौर्य शामिल हैं बस्तर दशहरा जगदलपुर में पचहत्तर दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा के तहत आज काछन गादी की रस्म निभाई जा रही है जगदलपुर के काछनदेव मंदिर के पास अनुराधा दास को काछन देवी के रूप में विराजमान किया गया है देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद काछन देवी से बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति ली जाएगी इसके अलावा आज विधि विधान से रथ निर्माण के दौरान नार फोड़नी रस्म भी निभाई गई इसके तहत रथ के लिए बनाए गए लकड़ी के पहियों में छेद करके उसकी पूजा अर्चना की गई इस विधान के दौरान राज परिवार के सदस्य और बस्तर दशहरा समिति के साथ ही मां दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी के अलावा श्रद्वालु उपस्थित थे शारदेय नवरात्र शक्ति की आराधना का पर्व शारदेय नवरात्र कल से शुरू हो रहा है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में नौ दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाएगी इन मंदिरों में कल से मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना भी होगी इस बीच प्रशासन ने सभी सार्वजनिक सभितियों को निर्देश दिए हैं कि रात दस बजे के बाद पूजा पंडालों में लाउड स्पीकर ना इस्तेमाल ना करें इस निर्देष का उल्लंघन करने पर साउड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा इसके अलावा पुलिस ने ये निर्देश भी दिए हैं कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क के बीच में कोई भी पंडाल ना लगाएं ताकि यातायात प्रभावित ना हो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की जनता को शारदेय नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं संक्षिप्त समाचार राजभवन में आज राज्यपाल के सचिव सुरेन्द्र कुमार जायसवाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोक कलाकार दिलीप षडंगी को प्रदेश कांग्रेस साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नामांकित किया है खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पाल और प्रदेश सचिव आकाश नायक सहित करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली सुकमा जिले में एर्राबोर के लेदा गांव में बिना अनुमति भारतीय जनता पार्टी की हो रही सभा पर प्रशासन ने कार्रवाई की और दो टेन्ट तथा कुर्सियां जब्त कर ली इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष सेक्टर अधिकारी और पंचायत सचिव को नोटिस दिया गया है बीजापुर जिले में पुलिस ने करवाही थाना क्षेत्र के जांगला से एक महिला सहित दो स्थायी वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है